मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इनमें आईएएस वीनू गुप्ता को राज्य प्रद्षण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष और डॉ सुबोध अग्रवाल को अक्षय ऊर्जा निगम का अध्यक्ष और प्रबन्ध निर्देशक बनाया गया है वहीं राजेश्वर सिंह को रोडवेज के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है स्वास्थ्य विभाग देख रहे आईएएस अखिल अरोड़ा को राज्य के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है इनके स्थान पर सिद्दार्थ महाजन को स्वास्थ्य विभाग का शासन सचिव बनाया गया है शिखर अग्रवाल जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव होंगे

सुबेह साढे सात बजे से शुरू हुआ मतदान शाम साढे पांच बजे तक चलेगा सुबह से मतदाता मतदान केन्द्रों पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से सुरक्षा के सभी पूख्ता इंतजाम किये गये हैं

कोरोना महामारी को देखते हुए मतदान केन्द्रों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुये सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है

समझौते में शामिल गूर्जर प्रतिनिधि अपने समाज से आंदोलन टालने के लिए समझाइश करेंगे हालांकि इस बार्ता में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला शामिल नहीं हुए चिकित्सा मंत्री डॉ रघ्र शर्मा और खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना के साथ गुर्जर प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी आरक्षण के तहत रीट में शेष पदों पर भी आरक्षण को लेकर सरकार के स्तर पर समिति बनेगी जो सात दिन में अपना फैसला सुनाएगी वहीं राज्य सरकार गुर्जर समाज को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए फिर कोन्द्र को पत्र लिखेगी उधर करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि गुर्जर आरक्षण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क बना है जिले में रोडवेज प्रशासन ने आगामी आदेश तक सभी बस सेवाए स्थगित कर दी हैं

इसके तहत अब सार्वजनिक स्थल सार्वजनिक और निजी वाहन कार्य स्थल सामाजिक राजनैतिक और आम समारोह में शामिल होने पर मास्क जरूर पहनना होगा इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा महामारी अधिनियम में सामाजिक दूरी का प्रावधान पहले ही जोडा जा चुका है सदन में कल सरकार ने छह विधेयक पेश किये इनमें से तीन विधेयक केन्द्र सरकार की ओर से पिछले दिनों कृषि सुधार के लिये लाये गये कानूनों के संदर्भ में हैं